म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये

उन्होंने जिलाधिकारियों को डेंगू से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये साथ ही यह भी स्निश्चित करने को कहा कि अस्पतालों में प्लेटलेट्स की पर्याप्त उपलब्धता हो उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव में रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार प्रसार हो इसके लिए डॉक्टर समय समय पर मीडिया से समन्वय स्थापित करे

जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रे देहराद्रन में नगर निगम की मदद से फॉगिंग की जा रही है इसके अलावा डेंगू के लारवा को खाने वाली मछली भी मंगाई गई हैं करीब ढाई लाख मछलियां पूरे शहर में उन जगहों पर छोड़ी जाएगी जहां पर पानी इकद्वा होता है साथ ही डेंगू के इलाज के लिए देहरादून में चार अस्पतालों में व्यवस्था की गई है उन्होंने बताया कि डेंग् के दौरान प्लेटलेट्स की कमी ना पड़े इसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और ब्लड डोनेट करने वाले डोनर की सूची तैयार की जा रही है उधर रुद्रप्रयाग जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां श्रू कर दी हैं नगरपालिका और नगर पंचायत द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्लाई के पहले हफ्ते से फॉगिंग का कार्य श्रू किया जाएगा डेंग् से बचाव के लिए ब्लॉक अस्पतालों में क्लोरीन टेबलेट दी गई है

उन्होंने कहा कि एमसएमई ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार सुजन के साथ ही अर्थव्यवस्था में तेजी से प्रगति की जा सकती है आज केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल एलायन्स फॉर मास एन्टरप्रिन्योरशिप की नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विमोचन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत कर्नाटक के म्ख्यमंत्री बीएस येदिय्रप्पा मेघालय के म्ख्यमंत्री के संगमा पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इन्द्र सिंगला भी शामिल हए इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सभी राज्यों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि किन क्षेत्रों में और मजबूत किया जा सकता है उन्होंने कहा कि उदयोगों को बढ़ावा देने के साथ ही राज्यों में औदयोगिक स्थापना के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की ओर ध्यान देने की जरूरत है इस अवसर पर म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि लॉकडाउन में प्रभावित उद्योगों को दोबारा संचालित करने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज में एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है उन्होंने कहा कि एमएसएमई ही ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर सुजित किए जा सकते हैं और अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जा सकती है वर्चअल रैली डॉ जितेंद्र केंद्रीय मंत्री डा जीतेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के नेतृत्व में देश के सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्यों पर पहली बार इतना फोकस किया गया है आज डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की वर्च्अल रैली को संबोधित करते हए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण को काफी नियंत्रित किया गया है उन्होंने उत्तराखंड सरकार के कार्यो की भी सराहना की

केंद्रीय मंत्री ने कहा ऐसे लोग जिनके पास किसी भी राज्य का राष्ट्रीय खाद्य स्रक्षा योजना का कार्ड है उनको वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत सफेद और गुलाबी कार्ड की तरह लाभ दिया जाएगा

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के त्रन्त बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जायेगा

आज भारतीय जनता य्वा मोर्चा की वर्च्अल रैली को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि डिजीटल सूचनाएं हमारी ताकत हैं इसके लिए तकनीकी तौर पर मजबूत बनना होगा उन्होंने प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की वर्चअल रैली को सम्बोधित करते हए कहा कि य्वा मोर्चा पार्टी की शक्ति है य्वा मोर्चा कार्यकर्ता सोशल मीडिया वॉरियर्स बनें और राज्य सरकार के कार्यों और पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचाएं उन्होंने कोरोना महामारी के समय आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए य्वा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की सराहना की

उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं के लिए भी सरकारने कई योजनाएं संचालित की हैं जिससे उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़े उन्होंने भारतीय जनता य्वा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इन योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहंचाने को कहा रोजगार योजना आवेदन मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत अल्मोड़ा में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के नेतृत्व में बेरोजगार य्वाओं का ऑनलाइन विकासखण्डवार साक्षात्कार लिया गया जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक दीपक म्रारी ने कहा कि योजना म्ख्य रूप से प्रवासियों को उनके गृह जिलों में ही रोजगार देने के लिए श्रू की गई है

प्रवासियों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण उन्हें अपना काम छोड़कर लौटना पड़ा है और अब यही पर रोजगार करना चाहते हैं

वैली ब्रिज पिथौरागढ़ जिले में क्षतिग्रस्त हुए वैली ब्रिज को सीमा सड़क संगठन ने तैयार कर लिया है इस पर आज से आवाजाही श्रू हो गयी है

पुल के टूटने से सीमा पर सेना और भारतीय तिब्बत सीमा प्लिस की आवाजाही ठप हो गयी थी

पश्पालन विभाग टिहरी टिहरी जिले में पश्पालन विभाग की ओर से प्रवासियों के लिए मुर्गी फार्म डेयरी उद्योग और पश्पालन की व्यवस्था की जा रही है इसके लिए पूरे जिले में सर्वे किया जा रहा है सर्वे के बाद विभाग कलस्टर के माध्यम से गांव का चयन करेगा